दुर्गंध और सड़ांध के कारण महामारी का खतरा मंडराया

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राज्य सरकार को पदोन्नति में आरक्षण के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता है न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि प्रोमोशन देने का अधिकार राज्य सरकार का है शीर्ष न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुसार राज्य इस मामले में फैसला लेने को स्वतंत्र है उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखण्ड के एक मामले में सुनवाई करते हुये यह फैसला सुनाया पटना नगर निगम सहित राज्य के कई निकायों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आज छठे दिन भी जारी है पटना में कूड़ा उठाव नहीं होने के कारण जगह जगह गंदगी का अंबार लग गया है दूर्गंध और सड़ांध से महामारी फैलने की आशंका है इधर पटना नगर निगम प्रशासन की ओर से सफाई काम में सहयोग नहीं करने वाले सफाईकर्मियों पर कार्रवाई की जा रही है कार्य में लापरवाही को लेकर बांकीपुर अंचल के बारह सफाई निरीक्षकों को निलंबित कर दिया गया है पटना जिला प्रशासन ने मजिस्ट्रेट की तैनाती कर सफाई का फैसला किया है राज्य के कई स्थानों पर हड़ताली कर्मचारियों और विशेष आदेश पर सफाई में जुटे कर्मियों के बीच झड़प की भी खबर है गया में निजी कर्मियों द्वारा सफाई के दौरान कुछ लोगों ने उनपर हमला कर दिया इस दौरान गया नगर निगम के अधिकारियों के वाहनों के शीशे भी क्षतिग्रस्त हो गये इधर छपरा में देर शाम सफाई में बाधा पहुंचाने वाले सात कर्मचारियों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है नियोजित शिक्षक संघों ने नियमित शिक्षकों के समान वेतन और अन्य स्विधाएं देने की मांग को लेकर सत्रह फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की है शिक्षक संघों ने कहा है कि सत्रह फरवरी से शुरू हो रही मैट्रिक की परीक्षा में सहयोग नहीं किया जायेगा इधर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने कहा है कि मैट्रिक परीक्षा में बाधा पहुंचाने वाले शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई करते हुये उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जायेगी उन्होंने कहा हड़ताल पर जाने वाले शिक्षकों को वेतन भुगतान नहीं होगा

राज्यसभा में उन्होंने कहा कि सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन से लगातार संपर्क में है डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार ने इस बीमारी को देश में आने से रोकने के लिए कई कदम उठाये हैं केंद्र सरकार ने कहा है कि रेलवे के संचालन को निजी हाथों में सौंपने का कोई प्रस्ताव नहीं है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में कहा है कि कुछ ही रेलगाड़ियों में व्यावसायिक और अन्य सेवाएं बाहरी स्रोत से लेने का प्रस्ताव है उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन और शौचालयों की साफ सफाई प्रतीक्षालय प्लेटफार्म और पार्किंग का रख रखाव बाहरी स्रोतों से ली जाने वाली कुछ सेवाओं में शामिल है श्री गोयल ने कहा कि चयनित मार्गो की रेलगाडियों में आधुनिक डिब्बे लगाने के लिए निजी कम्पनियों को अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है उन्होंने कहा कि रेलगाडियों के संचालन और सुरक्षा प्रमाणन की जिम्मेदारी भारतीय रेलवे के पास होगी सोलह फरवरी से पटना से दो हवाई मार्गों पर नई विमान सेवा शुरू हो रही है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यह सेवा दिल्ली और हैदराबाद के लिये होगी दिल्ली पटना दिल्ली और हैदराबाद पटना हैदराबाद की सेवा शुरू होगी नई सेवा शुरू होने के बाद पटना और दिल्ली के बीच उड़ानों की संख्या बढ़कर इक्कीस हो जायेगी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिये आज मतदान कराया जा रहा है सत्तर सदस्यीय विधानसभा सीटों के लिये हो रहे चुनाव में छह सौ बहत्तर उम्मीदवार मैदान में हैं मतदान शाम छह बजे तक होगा मतगणना ग्यारह फरवरी को होगी पटना उच्च न्यायालय सहित प्रदेश के सभी न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है इसमें दीवानी और कुछ प्रकार के फौजदारी मामलों का निष्पादन आपसी समझौते के आधार पर किया जायेगा साथ ही इसमें बैंक ऋण बिजली बीमा नगर निगम श्रम विभाग और बीएसएनएल से जुड़े मामलों का भी निष्पादन किया जायेगा राज्य सरकार ने पुल और सड़कों को क्षतिग्रस्त से बचाने के लिये चौदह से ज्यादा चक्के वाले ट्रकों से बालू ढोने पर पाबंदी लगा दी है सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को इस फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू कराने को कहा है मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में यह निर्णय किया गया इधर परिवहन विभाग ने कहा है कि अगले माह से हाई सेक्यूरिटी नम्बर प्लेट के लिये अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा यह सुविधा एक अप्रैल दो हजार उन्नीस के पहले के वाहनों के लिये मिलेगी दिल्ली की एक अदालत ने निर्भया द्रष्कर्म और हत्या मामले के चारों दोषियों को फांसी देने के लिए नई तारीख मांगने की दिल्ली सरकार और तिहाड़ जेल प्रशासन की याचिकाओं को खारिज कर दिया है केंद्र सरकार ने बताया है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित सोलह लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री आर के सिंह ने कहा कि पिछले महीने तक तिहत्तर लाख से अधिक लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने और साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने के कारण पटना सहित राज्य के कई हिस्सों में आज बारिश की संभावना है

न्यूनतम तापमान अब भी सामान्य से नीचे बना हुआ है मौसम विभाग ने कहा है कि गया नवादा भागलपुर बांका और जमुई जिले में कुछ स्थानों पर अगले चौबीस घंटों में बूंदाबांदी तथा हल्की बारिश हो सकती है नगर और आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने कहा है कि राज्य में दूसरे राज्यों की तरह नगर निकाय के चुनाव अगली बार से दलीय आधार पर लड़े जायेंगे इस चुनाव में मेयर और वार्ड सदस्यों को सीधे जनता चुनेगी पंचायती राज विभाग ने बेगूसराय जिले के मटिहानी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत की मुखिया रेखा देवी को गबन के आरोप में पद से हटा दिया है

भागलपुर में चल रहे अंतर विश्वविद्यालय एकलव्य खेल कूद प्रतियोगिता में विभिन्न स्पर्धाओं में चार स्वर्ण एक रजत तथा तीन कांस्य पदक जीतकर तिलकामांझी विश्वविद्यालय पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है वहीं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा और मगध विश्वविद्यालय बोधगया के खिलाड़ियों ने तीन तीन स्वर्ण पदक जीते हैं प्रतियोगिता में राज्य के सात विश्वविद्यालयों की टीमें भाग ले रही हैं पटना के मोईनुल हक स्टेडियम में संपन्न रणजी ट्रॉफी क्रिकेट मुकाबले में बिहार ने अरूणाचल प्रदेश को छह विकेट से पराजित कर प्रतियोगिता में तीसरी जीत दर्ज की है राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने सारण का पुनरिक्षित जिला गजेटियर जारी किया है गजेटियर में सारण जिले से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज की गई है विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने बताया कि राज्य के सभी अड़तीस जिलों के गजेटियर के पुनरीक्षण की रूपरेखा तय कर ली गयी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने संसद में हुये हंगामे को प्रमुख सुर्खी बनाया है दैनिक जागरण लिखता है डंडे पर हाथापाई की नौबत दैनिक हिन्दुस्तान ने नगर निकाय कर्मियों की हड़ताल को अपनी सबसे बड़ी खबर बनाते हुये सुर्खी दी है पटना पर अब बीमारियों का खतरा प्रभात खबर ने योजना और विकास मंत्री महेश्वर हजारी के बयान को सुर्खी बनाते हुये लिखा है विकास की रफ्तार में बिहार एक बार फिर देश से आगे दैनिक भास्कर ने स्टेट बैंक द्वारा विभिन्न ऋण की दरों को सस्ता किये जाने की खबर प्रकाशित की है

दुर्गध और सड़ांध के कारण महामारी का खतरा मंडराया